ं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधेयकों के पारित होने पर कृषकों को दी बधाई भाजपा ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप

्र राज्य बीज निगम द्वारा किसानों को सब्जियों के सस्ते बीज कराए जाएंगे मुहैया

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन बिलों के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा वहीं इन आरोपों का भी खंडन किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि सूचार से सम्बन्धित विधेयकों के पारित होने पर किसानों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों में मदद मिलेगी

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और श्रीपदनायक की उपस्थिति में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया शुरूआत में देश की चुनिंदा आंगनबाडी केन्द्रों पर ये नवाचार किया जाएगा

हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अदालतों में अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई की जाएगी

इस बीच जयपुर की मुहाना सब्जी मण्डी में आज सुबह मास्क नहीं तो सब्जी नहीं जैसे नारे के साथ सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया इसके अलावा आज जयपूर में स्टेच्यू सर्किल से मुहाना मण्डी तक मोटरसाईकिल रैली निकालकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया

आज ही उम्मीदवारों को चूनाव विन्ह भी आवंटित किए गए

सभी पंचायतों में सरपंचों के लिए ईवीएम मशीनों द्वारा और वार्ड पंचों के लिए मतदान बैलेट पंत्रों द्वारा संपन्न होगें

कोरोना संक्रमण से जरूरी सावधानी के बीच परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सैनेटाइजर तथा मास्क उपलब्ध कराए गए

इसके तहत निगम के गोदामों में बीजों का भण्डारण किया गया है हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि वहां चालू सीजन में पालक और गाजर के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्लांट को आवंटित किया गया है

केन्द्र के वैज्ञानिकों ने ग्रामवासियों को दाल की नई किस्म की विशेषताओं के बारे में बताया और उन्नत बीजों की जानकारी दी पाडली गांव में आयोजित कार्यक्रम में पशुओं को हरे चारे के रूप में अजोला और नैपियर घास काम में लेने की जानकारी भी दी गई

कोरोना काल के दौरान विशेष सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य कर्भियों और आंगनबाडी कार्यक्रताओं ने नोनिहालों को दो बूंद खुराक दी पोलियो खुराक पिलाने से छूटे बच्चों को कल घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी

पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किले में सैर को शुल्क मुक्त कर दिया है इसके ैअलावा किले की ऊपरी मंजिल तक जाने पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है

बाहरी जिलों से आए श्रमिकों को कौशल के अनुसार घर में काम देने के लिए संगरिया के कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है

इस बीच प्रदेश में बारिश का दौर कमजोर पड़ जाने से पारा फिर चढ़ गया है

सिरोही जिले में आज कई स्थानों पर बारिश हुई जिले के बांधों में पानी की आवक जारी रहने से जलस्तर लगतार बढ़ रहा है